अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल इंदौर और उज्जैन संभाग के प्रवास पर आयेंगे वे इंदौर झाबुआ जावरा और उज्जैन में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे

वे इंदौर के राजवाड़ा में भाजपा के तीन दिवसीय जनसंपर्क महाअभियान का शुभारंभ करेंगे उसके बाद वे झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे

इसी दिन शाम को उज्जैन संभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे राहुल यात्रा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कल से मध्यप्रदेश के दौरे पर रहेंगे श्री गांधी मुरैना में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और जबलपुर में रोड शो करेंगे उसके बाद अब्दल हमीद चौक पर बस से ही सभा को संबोधित करेंगे हमारे जबलपुर संवाददाता ने बताया है कि कांग्रेस एक समानान्तर मंच भी बना रही है यदि विशेष सुरक्षा बल ने अनुमति दी तो राहुल गांधी उस मंच से सभा को संबोधित करेंगे रोड शो के पहले राहुल नर्मदा घाट पर आरती में हिस्सा लेंगे एसपीजी ने कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर ग्वारीघाट आयुर्वेद कॉलेज और रोड शो के लिए निर्धारित रूट का निरीक्षण किया महीने भर के अंदर राहुल गांधी का प्रदेश का यह तीसरा दौरा है संजीवनी योजना प्रदेश में पशु धन संजीवनी योजना लागू की गई है इसमें प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों को घर पहुँच पशु उपचार सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी

भोपाल में इसके लिये राज्य स्तरीय काल सेन्टर स्थापित किया गया है

कॉल सेन्टर पश्पालक के क्षेत्र में चिन्हित चलित पश् चिकित्सा इकाई के प्रभारी पश्चिकित्सक को एस एमएस या कॉल द्वारा सूचित करेगा अनुबंधित संस्था द्वारा वाहन चालक एवं सहायक सहित वाहन उपलब्ध कराया जायेगा आवश्यकता पड़ने पर पशु पालकों को पशुपालन संबंधी मार्गदर्शन योजनाओं की जानकारी और मैदानी अमले को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन देंगे राज्यपाल राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने अशासकीय संगठनों एवं महिला स्व सहायता समूहों से कहा है कि शासन की योजनाओं का लाभ गरीबों और वंचितों तक पहुँचाने में मददगार बनें आज बालाघाट में राज्यपाल ने समूहों की महिलाओं के अनुभवों को सुना और उनके कार्यों की सराहना की श्रीमती पटेल ने कहा कि जिले से टीबी रोग के उन्मूलन के लिए भी काम करें इस रोग का उपचार संभव है उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को टीबी से पीड़ित बच्चों अन्य लोगों का संरक्षक बनकर उनके उपचार में मदद करना चाहिए राज्यपाल श्रीमती पटेल ने जिले में आजीविका मिशन के महिला स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को भी देखा

आज ओस्लोत में नार्वे के नोबेल संस्थान ने एक समारोह में इसकी घोषणा की

प्रदेश के अशोक नगर जिले के लोगों के लिए ये प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्र राहत का एक केंद्र साबित हो रहा है यहां दवा खरीदने आये जिले के अशोक दीक्षित बता रहे हैं कि सस्ते मूल्य पर यहां हर प्रकार की दवायें उपलब्ध हैं

स्वच्छता कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश एवं जिलों की रैंकिंग का यह पहला सर्वे था सिनेमा बंद प्रदेश में दोहरे करों का आरोप लगाते हुए मध्यप्रदेश सिनेमा ऐसोसिएशन ने आज सभी मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर बंद रखे इसके चलते आज प्रदर्शित हुई कोई भी फिल्म प्रदेश में नहीं दिखाई जा रही है साथ ही पहले से चल रही फिल्मों को भी वापस ले लिया गया है सिनेमा ऐसोसिएशन का आरोप है कि सरकार उनसे दोहरे कर वसूल रही है

पासपोर्ट सतना सहित विंध्य क्षेत्र के दूरदराज स्थानों में रह रहे लोगों को विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट बनवाना अब आसान हो गया है सतना हेड पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किया गया है जिसमें क्षेत्रवासियों को पासपोर्ट बनवाने के लिए भोपाल नहीं जाना पड़ रहा है अब तक दूरदराज के आठ हजार से अधिक लोगों ने सतना पासपोर्ट केंद्र से पासपोर्ट बनवा लिया

श्री चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में बने डेढ़ लाख मकानों में गृह प्रवेश कार्यक्रम के दौरान आज सिवनी पहुंचे थे ट्रेवल मार्ट राजधानी भोपाल में आज से तीन दिवसीय मध्यप्रदेश ट्रेवल मार्ट शुरू हुआ हालांकि इसका औपचारिक उदघाटन कल सुबह साढ़े नौ बजे पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र पटवा करेंगे खेल ओलंपिक एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक हासिल किये प्रदेश के खिलाड़ियों को अब प्रदेश के सर्वोच्च विक्रम पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा राज्य शासन ने इस बारे में पुरस्कार नियमों में संशोधन किया है